डॉ जयशंकर ने जोर देकर कहा कि जाधव निर्दोष हैं और उन पर लगाये आरोपों और बिना कानूनी सहायता उपलब्ध कराये उनसे लिए गए जबरन कबूलनामे से असलियत नहीं बदल जायेगी विदेशमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राजनयिक संबंधों के बारे में वियना संधि के सम्बद्ध प्रावधानों का उल्लंघन किया है

यह प्रणाली इस इलाके की भौगोलिक खासियत के अनुसार तैयार की गई है और इसमें तेजी से बहने वाली पहाड़ी जल धाराओं को दिशा देकर पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है

इसरो ने यह घोषणा आज ट्वीट में की

योजना के तहत पंजीयन के सत्यापन का कार्य शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं नगर पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में सचिव तथा जनपद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है जिससे अपात्र लोगों की पहचान की जा सके सत्यापन बाद अगर अपात्र व्यक्ति द्वारा योजना का लाभ लिया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी